प्रधानमंत्री ने वचुर्थल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत के दौरान यह बात कही श्री मोदी ने लामार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है प्रधानमंत्री ने बातचीत में टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों से पूछा कि उन्हें टीका लगवाने से कोई परेशानी तो नहीं है वाराणसी जिला महिला अस्पताल की मैट्रन बहन पुष्पाजी मुझ से बात कर रही हैं पुष्पाजी नमस्ते

मेरा नाम पुष्पा देवी है मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैट्रन के पद पर कार्यरत हूं सर और मैं एक वर्ष से मैट्रन का कार्य देख रही हूं मैं कोरोना को वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्यकर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं

मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं रानीजी नमस्ते सर मेरा नाम रानी गौड़ श्रीवास्तव है मैं डिस्ट्रिक्ट विमन हॉस्पिटल में ए एन एम के पद पर छह साल से कार्यरत हूं अब तक कितने वैक्सीन दिये हैं आपने पूरे छह साल में एक दिन में कितने देते हॉगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का भ्रमण कर वहां हो रहे कोविड टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन वायरस पर अन्तिम प्रहार के लिये टीकाकरण कार्य शुरू हो गया है भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में शीघ्र कोविड वैक्सीन राज्य में सभी के लिये उपलब्ध होगी उन्होंने भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार कोविड टीकाकरण कार्य संचालित करने का निर्देश दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में ज्यादातर राजनीतिक दल परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं उन्होंने आज लखनऊ में कहा कि केवल भाजपा ही बिना किसी भेदभाव के काम करती है और परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाने के खिलाफ है भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में करीब एक हजार पांच सौ राजनीतिक दल हैं और ये सभी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं श्री नड्डा दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं केन्द्रीय अत्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया है कि मंत्रालय देश के दस्तकारों शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये चौबीसें हुनर हाट का आयोजन कर रहा है वोकल फॉर लोकल थीम के साथ अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में यह हुनर हाट चार फरवरी तक चलेगा उन्होंने बताया कि हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे श्री नकवी ने कहा कि लखनऊ के हुनर हाट में आन्ध्रप्रदेश असम बिहार चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल सहित इंकतीस राज्यों केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग पचास दस्तकार शिल्पकार शामिल हो रहे हैं उन्होंने बताया कि देश के विमिन्न स्थानों में आयोजित हो रहे हुनर हाट दस्तकारों और शिल्पकारों के लिये उत्साहवर्धक और लाभदायक साबित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष दो हजार इक्कीस की इण्टरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षायें तीन से बाईस फरवरी तक दो चरणों में सम्पन्न होंगी बोर्ड के सचिव दिव्यकान्त शुक्ल ने बताया कि पहले चरण में तीन से बारह फरवरी तक आगरा सहारनपुर बरेली लखनऊ झांसी चित्रकूट फैजाबाद आजमगढ़ देवीपाटन और बस्ती मण्डल में प्रायोगिक परीक्षायें करायी जायेगी दूसरे चरण में तेरह से बाईस फरवरी तक प्रयागराज वाराणसी मिर्जापुर गोरखपुर कानपुर मुरादाबाद अलीगढ़ और मेरठ मण्डल में यह परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी श्री श्क्ल ने बताया कि इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये पंजीकृत समस्त संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के अनिवार्य विषय योग खेल और शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक परीक्षायें विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्यो द्वारा सम्पादित की जायेंगी बोर्ड सचिव ने बताया कि हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षायें पिछले वर्ष की तरह विद्यालय स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर सम्पादित करायी जायेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रसिद्ध भजन गायक नरेन्द्र चंचल के निघन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने दिवगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुये शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की हैं श्री चंचल ने आज दोपहर दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अन्तिम सांस ली